हनुवंतियां में जल कीडा से जुड़े जल महोत्सव की शुरूआत आज से मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे शुभारंभ

प्रदेश में बारिश के साथ ही ठंड का दौर जारी विज्ञान कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बेंगलुरू में क्रषि विज्ञान विष्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन करेंगे इस अवसर पर श्री मोदी भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र पोर्टल की शुरूआत भी करेंगे यह पोर्टल देश में अनुसंधान और विकास के लिए शोधकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार विशेष प्रकार की सुविधा तलाशने के तंत्र के रूप में तैयार किया गया है इस वर्ष विज्ञान कांग्रेस का विषय ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका है पांच दिन के इस सम्मेलन में दुनियाभर के वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में नवोन्मेष और अनुसंधान पर चर्चा करेंगे विज्ञान कांग्रेस में नोबेल पुरस्कार विजेताओं वैज्ञानिकों बुद्धिजीवियों शिक्षकों नीति निर्माताओं अनुसंधानकर्ताओं विद्यार्थियों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित पन्द्रह हजार से अधिक लोग षामिल होंगे मुख्यमंत्री बधाई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गेहूं और दालों के उत्पादन में मध्यप्रदेश को उत्कृष्टता के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिलने पर किसानों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कर्मण पुरस्कार के असली हकदार प्रदेश के मेहनती किसान हैं वे अपनी मेहनत से प्रदेश को पुरस्कार दिला रहे हैं उन्होंने कहा कि किसानों पर दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर सरकार ने किसानों की मेहनत का सम्मान किया है उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक में प्रदेश की दो महिला किसानों के साथ तीन किसानों को प्रगतिशील कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जल महोत्सव खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध के पास स्थित हनुवंतिया में जल महोत्सव का शुभारंभ आज से हो रहा है जल महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं जिला कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने कल तैयारियों को लेकर बैठक की

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ द्वारा भोपाल पुलिस के सहयोग से आयोजित शिविर में महिला कर्मचारियों और उनकी बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें जागरुकताए सतर्कता और महिला अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी

इसके कारण गांवों का आर्थिक विकास हुआ है अब इन सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे ये जानकारी सांसद षंकर लालवानी की अध्यक्षता में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में दी गई सांसद ने इंदौर जिले की नदियों में दूषित पानी मिलने से रोकने और मलजल का षोधन कर पुनः उपयोग की कार्ययोजना बनाने को भी कहा इस दौरान केंद्र सरकार की जिले में चल रही सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई बैठक में महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ सहित सभी जिला स्तर के अधिकारी मौजूद थे बिजली आईएसओ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के डेटा सेंटर को विश्वस्तरीय आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है प्रमाण पत्र डेटा सेंटर को सूचना के बेहतर प्रबंधन के लिये प्रणाली की स्थापना कार्यान्वयन रख रखाव और सुचना के लगातार सुधार के आवश्यक प्रावधान के लिए दिया गया है कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है शैल चित्र संस्कृति विभाग के पुरातत्व संचालनालय द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शैल चित्रों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा

पुरातत्व संचालनालय ने प्रदेश में विभिन्न स्मारकों के संरक्षण और अनुरक्षण का कार्य भी करवाया है राजधानी भोपाल में श्यामला हिल्स तथा मनुआभान की टेकरी और रायसेन जिले में भीम बैठका साँची खरवई पेनगवां रायसेन किले के पास रामछज्जा बारला आदि स्थानों के शैल चित्र पर्यटकों और पुरातत्व प्रेमियों के आकर्षण का केन्द्र हैं हजारों वर्ष पहले ये शैलाश्रय आदि मानव का बसेरा रहा है पुरातत्व संचालनालय ने इन शैलाश्रयों की सूची तैयार कर विधिवत सर्वेक्षण की पहल की है

मैच की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है मौसम प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कहीं कहीं बारिष हई इससे ठंड का दौर जारी है अधिकांष स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार रतलाम में षीतलहर की स्थिति बनी हई है शिवपुरी गुना बैतुल धार और नरसिंहपुर में कल बेहद ठंड रही

राजधानी भोपाल में आज ठंड में कुछ कमी आई है यहां अधिकतम तापमान बीस दषमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ

मौसम विभाग के अनुसार आज शहडोलजबलपुररीवा और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारे पड़ सकती है